स्वाइन पलू के मामलों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई उन्होंने स्वाइन फ्लू रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने इस बीमारी के लक्षणों व रोकथाम के उपायों को लेकर लोगों को मीडिया के माध्यम से जागरूक करने पर बल दिया ताकि इसे फैलने से रोका जा सके उन्होंने कहा कि विशेष चिकित्सा दलों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाना चाहिए जहां अधिकतम मामले सामने आए हैं उधर स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना सहित नागरिक अस्पताल अंब और हरोली में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार अस्पतालों में दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल आदर्श विद्या केन्द्र स्थापित किए जाएंगे सोलन जिले में अर्की के राजकीय विद्यालय बखालग के अतिरिक्त भवन और पैदल पुल के शिलान्यास अवसर पर आज उन्होंने ये जानकारी दी सैजल ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित विकास व योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर विशेष बल दे रही है इस दौरान उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी वितरित किए

उन्होंने कहा कि सुन्नी में उपमण्डल अधिकारी कार्यालय खोलना क्षेत्र की पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है इस दौरान उन्होंने सुन्नी में शिमला ग्रामीण क्रिकेट गोल्ड कप टूर्नामेंट के समापन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए कैलाश फैडरेशन के अध्यक्ष रवि मैहता और भाजपा नेता प्रमोद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे वैटलैंड दिवस आज विश्व वैटलैंड दिवस है इसका उद्देश्य लोगों में वैटलैंड के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है इस बार के वैटलैंड दिवस का मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसमें नम भूमि के संरक्षण पर जोर दिया गया है अपने संदेश में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि यदि नम जुमीन का संरक्षण नहीं किया गया तो इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इधर वैटलैंड दिवस के मौके पर कांगड़ा जिले के डाडासीबा में छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया लोकतंत्र उत्सव सिरमौर ज़िले में नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के लिए निर्वाचन विभाग स्कूलों में सिरमौर लोकतंत्र उत्सव आयोजित करेगा

उन्होंने कहा कि ज़िले में शत प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है समिति दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के लिए कुल्लू में उपायुक्त व ज़िला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में स्थायी समिति गठित की गई है ये समिति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का सही ढंग से पालन सुनिश्चित बनाएगी उपायुक्त यूनुस ने बताया कि जिले में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए ये समिति नियमित रूप से चर्चा करेगी

इस कार्यक्रम में युवाओं और किसानों ने खुम्ब उत्पादन को लेकर प्रशिक्षण हासिल किया उद्यान विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में प्रतिभागियों को खुम्ब की विभिन्न किस्में लगाने और उसकी देखरेख के संबंध में जानकारी दी गई विभाग के विशेषज्ञ रतन सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है प्रदर्शनी प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों की एक चित्र प्रदर्शनी इन दिनों नई दिल्ली में लगाई गई है इसमें समाज के युवा चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मंच उपलब्ध करवाया गया है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल हमीरपुर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर कुल्लू ज़िले के सैंज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी शिमला शहर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा सोलन जबकि ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले के गगरेट में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे